कोविड गाइडलाइन के साथ राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में दसवीं और बारहवीं की कक्षाएं आज से शुरू होंगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री न्ग्एन यूआन फ्क के साथ आज वर्चअल शिखर बैठक करेंगे बैठक के दौरान दोनों नेता आपसी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे और भविष्य में भारत वियतनाम व्यापक सामरिक भागीदारी को आगे ले जाने के लिए दिशा निर्देश देंगे

वियतनाम की उपराष्ट्रपति सुश्री डांग थी न्गोक थिन्ह इस वर्ष फरवरी में सरकारी दौरे पर भारत आई थीं

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे श्री मोदी मंगलवार को ही वीडियो कॉर्फ्र्ंस के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री एक डाक टिकट भी जारी करेंगे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सैयदना मुफद्दाल सैफुद्दीन और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो दिवसीय दौरे पर आज साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड पहुंच रहे हैं पतना पहुंचने के बाद वे पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे मुख्यमंत्री दूसरे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र के बरहेट सुंदर पहाड़ी और बोआरीजोर प्रखंड के कार्यकर्ताओं से मिलकर ग्रामीणों की समस्या सुनेंगे मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है सुरक्षा को लेकर पंद्रह स्थानों पर दंडाधिकारी यों के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हेलीपैड का निर्माण भी किया गया है राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में दसवीं और बारहवीं की कक्षाएं आज से शुरू हो जाएंगी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है जारी आदेश में कहा गया है कि अभिभावकों की सहमति से ही बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में मार्गदर्शन के लिए स्कूल बुलाए जा सकते हैं छात्र छात्राएं कक्षा में नियमित रूप से मास्क लगाकर बैठेंगे

वहीं दो बैंचों में भी दूरी रखी जायेगी

शिक्षा विभाग ने इसके शपथ पत्र का प्रारूप भी जारी कर दिया है गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में बायोमैट्रिक हाजरी नहीं ली जायेगी जिन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादा है वहां अलग अलग दिन में सम विषम रोल नंबर के आधार पर उन्हें स्कूल बुलाया जायेगा स्कूलों में दो पालियों में कक्षाएं होंगी

मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस बार मार्च में आयोजित की जानी है जिसे देखते हुए बच्चों की तैयारी कराने की दिशा में कदम उठाया गया है गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड के रतनपुर गांव में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कल आदिवासी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने कृषि कानून का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में कानून लायी है श्री मरांडी ने कहा की किसान सम्मान योजना और राज्य की किसान आशीर्वाद योजना के कारण गांव गांव के किसान समृद्ध हुए हैं उन्होंने विपक्षी दलों की नीतियों की आलोचना करते हुए बिना कारण कृषि कानून का विरोध करने का आरोप लगाया केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तृति कमेटी टीएसपीसी के जोनल कमांडर विकास गंझू की अचल संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी गई है एनआइए ने इस संबंध में चतरा जिला प्रशासन को एक पत्र भेजा है विकास गंझू उर्फ वरुण उर्फ अविनाश उर्फ दशरथ गंझू को तृतीय सम्मेलन प्रस्तृति कमेटी का आधार स्तंभ माना जाता है वह एक जमाने में भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य था बाद में संगठन छोड़कर वह टीएसपीसी में शामिल हो गया जोनल कमांडर की चल और अचल संपत्ति की पड़ताल करते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खरीद बिक्री अथवा हस्तारण पर रोक लगा दी है एनआइए का पत्र मिलते ही उस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है

खूंटी जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारी अब लगातार जिले में ग्रामसभा द्वारा बनाये जा रहे बोरीबांध में समान रूप से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं उपायुक्त शशि रंजन समेत एसडीएम हेमंत सती बीडीओ प्रदीप भगत सीओ शंभू राम थानेदार विक्रांत कुमार ने बोरीबांध में श्रमदान कर किया गजगांव ग्रामसभा के ग्रामीण भी अपने बीच जिले के पुलिस प्रशासन को बराबरी के साथ बोरियों में बालू भरकर बांध निर्माण में सहयोग से बेहद उत्साहित नजर आए उपायुक्त ने कहा कि इसके कई फायदे हैं उन्होंने कहा कि पक्का डैम की तुलना में कच्चा बांध काफी फायदेमंद है उन्होंने कहा कि बोरीबांध से आर्थिक के साथ सामाजिक फायदे हो रहे हैं

वहीं राहत की बात यह रही कि कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हई है जबकि राज्य में एक सौ बेरासी मरीज ठीक हए हैं

इनमें एक हजार सात सौ आठ सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख दस हजार तीन सौ सात मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार दस लोगों की मौत कोरोना से हुई हैं प्रदेश का कोविड रिकवरी रेट सनतानबे दशमलव पांच नौ प्रतिशत हो गया है अबतक छियालास लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है कल दस हजार तीन सौ छियासलीस कोविड टेस्ट हुए

कार्मिक और पेंशन मामलों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जीतेन्द्र सिंह ने यह जानकारी दी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड महामारी को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को यह राहत दी गई है चतरा जिले में लगातार गिरते तापमान से जनजीवन प्रभावित हो गया है

वही बेंगलुरु के चिक्का रंगप्पा उप विजेता बने

डेढ़ करोड़ की ईनामी राशि वाले इस टाटा स्टील गोल्फ चौंपियनशिप के विजेता गगनजीत भुल्लर ने बताया कि वह अब तक नौ अंतरराष्ट्रीय गोल्फ ट्र्नामेंट जीत चुके हैं इस अवसर पर टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक और गोल्फ चौंपियनशिप के संरक्षक टी वी नरेंद्रन ने बताया कि टाटा स्टील खेल को शुरू से ही सहयोग करता आया है

ये खेल हैं गटका कलारीपयटटू मल्लखंब और थांग ता खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत में स्वदेशी खेलों की समुद्ध विरासत हैं और खेल मंत्रालय की प्राथमिकता इन खेलों को संरक्षित करने के साथ साथ इन्हें लोकप्रिय बनाने की है चतरा जिले में सदर थाना पुलिस ने अफीम की खेती के विरुद्व अभियान चलाया

अभियान का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार कर रहे थे इस दौरान लोगों को अफीम की खेती नहीं करने की भी सख्त हिदायत दी गई साथ ही गांव के लोगों को इसके द्वष्परिणाम के बारे में भी बताया गया

दैनिक जागरण ने लिखा है किसान नेताओं से फिर होगी बात सरकार ने किसान नेताओं को दिया न्योता वार्ता क तारीख चुनने को कहा जनसमस्याओं का निराकरण सरकार की प्राथमिकता रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री के द्मका में लोगों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देशों को पहलें पन्ने की सुर्खियां बनायी है